मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किये

देश की एकता और अखण्डता के प्रति सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित इस दौड़ में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आहवान किया

निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभुषण कुमार ने कल प्रदेश के दतिया छतरपुर रीवा और सागर जिलों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की इन बैठकों में ई रोल आदर्श आचार संहिता का पालन सीमावर्ती जिलों में प्रभावी जांच जिलों में अवैध शराब के लिये छापामार कार्यवाही और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिये गये जिलों में संवेदनशील मतदान कोन्द्रों की स्थिति के साथ ही इन कोन्द्रों की वीडियोग्राफी सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रीय सुरक्षाबलों की नियुक्ति पिंक मतदान केन्द्र और दिव्यांग मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्रों पर सुविधाएं तथा स्वीप गतिविधियों के संबंध में मी समीक्षा की गई स्वीप अभियान प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में शतप्रतिशत मतदान कराने के लिये जबलपुर जिले में कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में विभिन्न नुक्कड़ नाटक और रैलियां निकालकर मतदाताओं को जागरुक किया जा रहा है

आज नई दिल्ली में एक कार्यकम में कहा कि राजनैतिक जवाबदेही का यह तकाजा है कि संविधान और कानून के मुताबिक लोगों को बूनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताया जाना चाहिये कि जीवन स्वतंत्रता और खुशहाली लोकतंत्र की आत्मा है

ई गवर्नेंस मैनेजर महेश अग्रवाल ने बताया है कि यह प्रदेश में किसी भी जिले का पहला मोबाइल एप है इस मोबाइल एप में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जानकारी जिले के सभी मतदान केन्द्रों की जानकारी बीएलओ के नाम और मोबाइल नम्बर गूगल मेप के माध्यम से मतदान केन्द्रों तक पहुंचने का रास्ता मतदान केन्द्र की फोटो जिला एवं विधानसभा स्तर पर नियुक्त अधिकारियों के नाम और मोबाइल नम्बर की जानकारी सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी और निर्वाचन संबंधी विभिन्न वीडियो की जानकारियां भी उपलब्य है वहीं शिवपुरी जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में कल जिले की ग्राम पंचायत महरौली में विद्यार्थियों द्वारा एक जागरूकता रैली आयोजित कर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया गया जिले में कल सोमवार को मानव श्रंखला बनाकर रैली निकाली जायेगी फेस्टिवल ऑफ डेमाकेसी भोपाल जिले की सातों विधानसभाओं में शतप्रतिशत मतदान की सुनिश्चितता के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज से तीन दिवसीय कार्यक्रम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आयोजित किया जा रहा है

कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव शाम साढ़े चार बजे करेंगे

जिसका संचालन मेहुल कुमार एवं टीम गुजरात द्वारा एमवीएम मैदान पर किया जाएगा टाउन हाल भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज प्रदेश के सभी दो सौ तीस विधानसभा क्षेत्रों में नव मतदाता युवा टाउन हाल कार्यक्रम आयोजित किया गया युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पाण्डे ने बताया कि युवाओं को अपने भविष्य का मध्यप्रदेश अपने सपनो का मध्यप्रदेश और कैसा हो मेरा मध्यप्रदेश विषय पर विचार जानने के लिए ये युवा टाउन हाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी युवाओं को वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने आदिवासियों से उनके हक और अधिकार छीन लिये हैं

लेकिन केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने आदिवासियों के वनों में रहने के अधिकार को छीन लिया है